आंध्र प्रदेश के गुंदूर में श्री मोदी इंडियन स्ट्रेभटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के एक दशमलव तीन तीन मिलियन टन क्षमता का विशाखापत्तरनम पेट्रोलियम रिजर्व राष्ट्र को समर्पित करेंगे

उनका कृष्णापत्तनम में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के नए टर्मिनल की आधारशिला रखने का कार्यक्रम भी है इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में गैस आधारित औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि उन्नतशील भारत के निर्माण के लिये हमें प्रगतिशील युवाओं को रोजगार देने के लिये सुनियोजित रणनीति अपनाना होगी श्री नाथ कल महाराष्ट्र के गोंदिया में स्वर्गीय भनोहर भाई पटेल जयंती उत्सव में मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे समारोह में मध्यप्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल और फिल्म अभिनेता संजय दत्त उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवा और कल की पीढ़ी के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि हमारे नौजवानों की सोच व्यापक हुई और वे शिक्षित होने के साथ ही हुनरमंद भी हैं आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन नौजवानों को उनकी अपेक्षा और पात्रता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएँ श्री नाथ ने स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल का स्मरण करते हुये कहा कि वे राजनैतिक व्यक्ति नहीं थे उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया मंत्रि परिषद समिति राज्य शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों रोजगार सहायकों और अन्य संविदा कर्मचारियों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन जो उनके स्थायीकरण और अन्य माँगों से संबंधित हैं और जिनमें वित्तीय भार निहित नहीं है पर विचार कर निर्णय लेने के लिये मंत्रि परिषद समिति का गठन किया गया है समिति के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह होंगे समिति में जनजातीय कार्य विमुक्त घूमक्कड़ जनजातीय कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री तरुण भनोत सदस्य होंगे अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संयोजक और प्रमुख सचिव वित्त सदस्य होंगे समिति तीन माह में अपना प्रतिवेदन देगी तुलसीराम सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल खण्डवा में जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि जन सुनवाई में आने वाले गरीब और परेशान आवेदकों को सम्मान से बिठाकर उनकी समस्याएं सुनी जायें और मौके पर ही समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के प्रयास हों उन्होंने गर्मी के मौसम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

गरीबों और निराश्रितों को बढ़ी हुई दर से समय पर पेंशन मिले बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव हरसूद विधायक कुंवर विजय शाह और खण्डवा विधायक देवेन्द्र वर्मा सहित समिति के सदस्य मौजूद थे हुज यात्रा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज से संबंधित प्रक्रिया के कंप्यूटरीकरण से सुनिश्चित हुआ है कि सब्सिडी के बिना भी वार्षिक हज यात्रा किफायती रही उन्होंने कहा की हज की पूरी प्रक्रिया सुविधाजनक बनाई गयी है उन्होंने कल मुंबई में खादिम उल हज्जाज के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया खादिम उल हज्जाज हज ज़ायरीन को मदद करेंगे

शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और श्रद्वालु संगम में पवित्र ड्बकी लगा रहे हैं

हमारे संवाददाता के अनुसार मेला प्राधिकरण ने दावा किया है कि आज दो करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं के पवित्र डुबकी लगाए जाने की संभावना है स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं

उन्होंने ग्राम दिगुवां में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों को भरपूर बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी

जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान ही आधुनिक विज्ञान का आधार है यह हमारी भारतीयता की पहचान है उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा में भारतीय परंपरागत ज्ञान और नैतिक मूल्यों के समावेश की जरूरत है श्री पटवारी कल भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्विवद्यालय और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय वांग्मय में विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान एवं अनुशीलन विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे इमरती देवी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर शहर में विभिन्न आँगनवाड़ी केन्द्रों शिशु कल्याण केन्द्रों बाल संप्रेक्षण गृह मातुछाया शिक्षा केन्द्र तथा पोषण निवारण केन्द्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि कुपोषण निवारण के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाये महिला बाल विकास मंत्री बच्चों के लिये आँगनवाड़ी केन्द्रों में पारिवारिक माहौल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम आसमान साफ होने के साथ ही उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश में एक बार फिर ठिठुरन बढ़ गई है कल राजधानी भोपाल सहित इंदौर धार रीवा जबलपुर सतना सागर राजगढ़ शाजापुर श्योपुरकला नौगांव सिवनी खंडवा और खरगोन में शीतल दिन रहा

मौसम विभाग ने आज ग्वालियर चंबल इंदौर उज्जैन और होशंगाबाद संभागो में कहीं कहीं शीतल दिन सहित शीतलहर चलने की संभावना जताई है साथ ही टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी पन्ना सतना रीवा सीधी सिंगरौली उमरिया शहडोल और कटनी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार हैं विभाग के अनुसार फिलहाल तीन से चार दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा

इसमें श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने लोगों की समस्याएं सुन उनका निराकरण किया